हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि उन्हें आशा है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वे आज नई दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात से पहले पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा और अन्य नेताओं से चर्चा की

चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि चार निर्दलीय और हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की बात कही है इससे पहले तीन निर्दलीय विधायक धर्मपाल गौंदर नयन पाल रावत और सोमवीर सांगवान ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा से उनके निवास पर मुलाकात की भारतीय जनता पार्टी ने नेता जवाहर यादव ने कहा कि तीनों विधायकों ने बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है द्रसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा भी संभावनायें तलाशने के लिए दिल्ली में है कांग्रेस की शीर्ष नेताओं अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की और हरियाणा व महाराष्ट्र के च्नाव परिणामों के बारे में विचार विमर्श किया

नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी की राज्य प्रभारी अनिल जैन ने बताया कि इस बैठक के बाद पार्टी राज्य में सरकार गठन का अपना दावा राज्यपाल के समक्ष पेश करेगी उन्होंने बताया कि केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पार्टी के वरिष्ठ नेता अरूण सिंह बैठक में केन्द्रीय पर्यवेक्षक होंगे उन्होंने बताया कि निर्दलीय उम्मीदवारों ने पार्टी को समर्थन देने का भारोसा जताया है लेकिन इस पर फैसला लिया जाना अभी बाकी है जन नायक पार्टी के प्रमुख दृष्यंत चौटाला ने कहा है कि जो भी पार्टी हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के सांझा न्यनूतम कार्यक्रम के साथ मिलकर चलेगी उसको समर्थन दिया जायेगा आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हये उन्होंने कहा कि जो पार्टी य्वाओं और वरिष्ठ नागरिको के कल्याण के लिए काम करेगी उसी पार्टी को समर्थन दिया जायेगा

उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा मे सरकार बनाने को लेकर उनकी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ अभी कोई बात नहीं हुई है हरियाणा में कांग्रेस सरकार में गृहमंत्री व सिरसा विधानसभा से निर्दलीय जनता पार्टी विधायक गोपाल कांडा ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है श्री कांडा ने कहा कि देश की तरह प्रदेश का विकास हो इसलिए सभी साथियों ने बिना शर्त बीजेपी को समर्थन दिया है वहीं गोपाल कांडा ने साफ कर दिया है कि मेरे ऊपर कोई संगीन मामला नहीं है एक मामला है जिसकी सच्चाई बह्त जल्द लोगों के सामने आ जायेगी हरियाणा पुलिस दवारा दीवाली के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त एहतियाती कदम उठाये गए है ताकि प्रदेशभर में रोशनी का त्यौहार प्रे उल्लास और ख्शी से साथ मनाया जा सके अतिरिक्त प्लिस महानिदशेक श्री नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि सभी प्लिस आय्क्तों और जिला प्लिस अधीक्षकों को त्यौहार के सीज़न में अपने सम्बोधित क्षेत्रों में पर्याप्त स्रक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन स्निश्चित करने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि प्लिस दवारा स्निश्चित किया जायेगा कि गोदामों भंडारण और पटाखों व आतिशाबाज़ी के बिक्री स्थलों पर किसी भी द्र्घटना से बचने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाये साथ ही भंडारण और बिक्री पर अग्नि स्रक्षा उपायों को भी सुनिश्चित किया जायेगा यह भी यकीनी बनाया जायेगा कि पटाखे के बिक्री और भंडारण केन्द्र घनी आबादी बाले क्षेत्रों से दूर स्थापित हो व उन स्थानों पर स्थित हो जहां हर तर फ पर्याप्त ख्ला स्थान उपलब्ध हो साथ ही यह भी स्निश्चित किया जायेगा कि पटाखों के स्टॉल को सीमित स्थानों पर ही अन्मति दी जाये जहां अग्नि स्रक्षा सहित स्रक्षा के तमाम उपायो को सुनिश्चित किया जा सके धनतेरस का त्यौहार आज देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है धनतेरस को त्रयोदशी या धनवंतरि त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है यह त्यौहार दिवाली से दो दिन पहले मनाया जाता है लोग इसे नई खरीददारी विशेष रूप से सोने व चांदी की वस्त्यें एवं नए बर्तन खरीदने के लिए एक श्भ दिन मानते है इस दिन लोगों को उपकरण और वाहनों की खरीददारी करते हये भी देखा जा सकता है उधर हरियाणा में भी धनतेरस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है विभिन्न जगहों से हमारे संवाददाताओं ने लोगों द्वारा जम कर खरीददारी के समाचार दिये है यमुनानगर से हमारे संवादाता ने बताया कि देश विदेश में प्रसिदव बर्तन नगरी जगाधरी में सुबह से ही खरीददारी करने वालों की भीड़ लगी हुई है यहां पर हरियाणा के अलावा हिमाचल प्रदेश उत्तरप्रदेश उत्तराखंड राज्य से लोग खरीददारी करने आते है धनतेरस पर बर्तन व ज्वैलरी की खरीद करना श्भ माना जाता है इसलिए आज बर्तन बाज़ार में करोड़ो की बिक्री हुई है

अभियान का आयोजन केन्द्रिय मानव संसाधन मंत्रालय दवारा प्लास्टिक अपशिष्ट जागरूकता के लिए की गई पहल के अन्रूप किया गया था इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न विदयार्थी गतिविधियों का आयोजन किया गया इस अवसर पर बोलते हए कुलपति प्रो दिनेश कुमार ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त होना न केवल पर्यावरण के हित में है बल्कि जलीय जीवन के लिए भी है जो सिंगल यूज प्लास्टिक की खपत से प्रभावित हो रहे है

प्रतियोगिता के बारे में बाल भवन कार्यालय भिवानी से भी जानकारी ली जा सकते हैं

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हए बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि इसलिए बढ़ाई गई है ताकि समाज के सभी वर्गो के मेधावी उम्मीदवार अधिक से अधिक संख्या में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकें इससे कमजोर वर्गों के बच्चे भी उच्च सब्सिडी लागत पर पब्लिक स्कूल की तर्ज पर शिक्षा अर्जित करके सशस्त्र बलों में अधिकारी बन कर अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा

आकाशवाणी दवारा हिन्दी के त्रंत बाद इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्न प्रसारण रात आठ किया जायेगा